इस बारे में आज सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई इससे इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल सकेगा चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो

इस फैसले को अधिसूचित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा उनमें संस्थागत भूमि धारक संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार राज्य और केन्द्र सरकार के साथ साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं

आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व को उपहार भी है

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखण्ड के रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे इसमें लगभग तीस हजार लोगों के भाग लेने की आशा है

आज हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे मामलों को निपटाने में अनावश्यक देरी देश के लिए ठीक नहीं है और इसके लिए उच्च न्यायालय की विशेष पीठ गठित की जानी चाहिए उन्होंने विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों से ऐसे मामले जल्दी निपटाने की अपील की

उन्होंने बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के देशभर में कई बडे बडे उपकम स्थापित हैं जिनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है

देश की सातवीं आर्थिक गणना इसी महीने से शुरू होगी इस बार आर्थिक गणना डिजीटल होगी इसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक मोबाइल एप बनाया है इस गणना के तहत परिवार की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी इसमें मजदूरों और किसानों को अलग रखा गया है आज इस कार्यक्रम के प्रशिक्षकों को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी गई अब यह ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पर दी जाएगी झुंझुनू में आज जिले के सीएचसी स्परवाइजर जुटे

नागौर में भी जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ

उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए ई मंडी शुरू करने का प्रयास किया जाएगा किसान सेवा केन्द्रों पर किसानों की सहलियत के लिए बीज तथा अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि सोमवार से बोर्ड में सप्ताह में पांच दिन ही कार्य होगा

बोर्ड कार्मिकों द्वारा लम्बे समय से पांच दिन के सप्ताह की मांग की जा रही थी जिसे शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरा कर दिया है

भरतपुर के सबसे बडे आरबीएम अस्पताल का एसडीएम संजय गोयल ने औचक निरीक्षण किया

बांसवाड़ा जिले के पाटन में पुलिस ने एक विवाहिता से दृष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है आरोपी की तलाशी जारी है वहीं जिले के आंबापुरा में भी एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है नागौर जिले की जायल तहसील के झाड़ेली मे उरमूल खेजड़ी संस्थान द्वारा महिलाओं की आजीविका सुद्रढ़ करने के उद्देश्य से तीन दिन का महिला किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया शिविर में कृषि विशेषज्ञों ने फसल और सब्जी बुवाई बिकी पैकेजिंग के बारे में जानकारी दी

बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी के चार डंपर जब्त किए हैं

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये चोर मध्यप्रदेश के नीमच की कुकड़ेश्वर की मनासा गैंग के हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए इस घटना पर शोक व्यक्त किया है

भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मॉनसून की आज केरल के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा के साथ शुरूआत हई है इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर चल रहा है जिससे जनजीवन प्रभावित है